प्रदेश में दूसरे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी नामांकन भरने का काम भी हुआ शुरू

प्रदेश में मौसम विभाग ने अंधड के साथ तूफान बारिश और तेज लू चलने की चेतावनी दी

मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है

चुनाव आयोग ने मतदान का समय भी अधिसूचित कर दिया है

स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए है

इसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने का काम भी शुरू हो गया हैं

इनमें गंगानगर बीकानेर चूरू झुन्झुन् सीकर जयपुर ग्रामीण और शहर अलवर भरतपुर करौली धौलपुर दौसा और नागौर सीटें शामिल है

इसके बाद ही मैदान में बचे उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो सकेगी

इस चरण में टोंक सवाईमाधोपुर अजमेर पाली जोधपुर बाडमेर जालोर उदयपुर बांसवाडा चित्तौडगढ राजसमंद भीलवाडा कोटा और झालावाड बारा में वोट डाले जायेंगे

भाजपा लोकसभा चुनाव कार्यक्रम समन्वयक और प्रदेश संयोजक ओंकार सिंह लखावत ने बताया कि पार्टी ने श्री मोदी की सभाओं को सफल बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है

इस सूची में कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी सोनिया गांधी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल आनंद शर्मो रणदीप सुरजेवाला और विवेक बंसल शामिल हैं

नई दिल्ली में पार्टी के राजस्थान प्रभारी प्रकाश जावडेकर ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई इस अवसर पर कर्नल बैंसला ने कहा कि वह पार्टी के सामान्य सदस्य के रूप में काम करेंगे

इसमें कई अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया धौलपुर में कल मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक स्वीप कार्यक्रम में भाग लिया और कहा कि चम्बल नदी की डॉल्फिन धौलप्र की पहचान है यह मतदाता के जागरूकता के साथ महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण सुरक्षा का संदेश भी देती है

देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने न्यायाधीश भट्ट को इस पद के लिये चुना है रविन्द्र भट्ट दिल्ली हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश के पद पर नियुक्त है गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नन्द्राजोग का बम्बई उच्च न्यायालय में तबादला हो जाने की वजह से इस पद पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त थे

इस मौके पर आकाशवाणी के एम आई रोड़ स्थित परिसर में वाणी तरंग समारोह आयोजित किया गया समारोह में मुख्य आयोजन शास्त्रीय संगीत पर आधारित सिम्फनी रही जिसे वरिष्ठ संगीत रचनाकार पंडित आलोक भट्ट ने तैयार किया था इसके अलावा प्रदेश के कई नामी लोककलाकारों ने समारोह में अपनी प्रस्तृति दी कार्यक्रम में आकाशवाणी के अपर महानिदेशक नीरज अग्रवाल भी मौजूद रहे

दिन चढने के साथ ही तापमान में बढोतरी देखी जा रही है

पश्चिमी राजस्थान में पड रही चिलचिलाती धूप से जनजीवन पर व्यापक असर पड रहा है

विभाग ने आंधी के साथ ही तूफान बारिश और तेज लू चलने की भी चेतावनी दी है इसे देखते हुए विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है